कहा प्रधानमंत्री ने रेडियो को जन साधारण के साथ बातचीत के एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में मान्यता दी

पटना में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईजीआईएमएस में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के नये भवन की रखी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करने के साथ ही बिहार में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में यह पहली चुनावी रैली होगी भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने बताया कि रैली में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे इधर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं गांधी मैदान में अठारह दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है वहीं बिहार पुलिस के चार हजार जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे रैली को देखते हुये पटना की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कल सुबह छह बजे से रैली की समाप्ति तक गांधी मैदान से जे पी गोलम्बर तक किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा वहीं डाकबंगला चौराहा से जे पी गोलम्बर तक केवल पास धारक और प्रशासनिक वाहनों का ही आवागमन होगा इधर रैली को लेकर आज शाम से ही हाजीपुर से पटना को जोड़ने वाले पीपा पुल को वन वे कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सीआरपीएफ और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में बिहार निवासी सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह शहीद हो गये वे बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड के ध्यानचक्की गांव के रहने वाले थे हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिंटू कुमार सिंह की शहादत की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने आक्रोश मार्च निकाला और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की शहीद सीआरपीएफ अधिकारी का शव आज देर रात तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की सम्भावना है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री कुमार ने कहा कि शहीद अधिकारी के निकटतम आश्रित को सभी प्रकार की निर्धारित सहायता दी जायेगी और उनका पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान रतन कुमार सिन्हा के मसौढ़ी के तारेगना मठ स्थित घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की श्री कुमार ने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी और उनकी हर जरूरत पूरी की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्वदेश वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुकरणीय साहस पर देश को गर्व है

ये ताकत इस देश में है आइए उस आत्मविश्वास को लेकर चलें एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है और सपनों को पूरा करने के लिए समयबद्व समय सीमा में एक के बाद एक अनूठा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की दृढ़ता और साहस की सराहना की है

आपके शौर्य को सलाम भारत देश की सरहद की सुरक्षा की थी तो आप दुश्मन को उसके घर तक खदेड़ आए ये देश आपका अभिनंदन करता है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज झाझा बटिया नई रेल लाईन का जमुई में आयोजित एक समारोह में शिलान्यास किया साथ ही श्री गोयल ने पटना केएसआर बेंगलुरू सिटी साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री गोयल ने जमुई जिले के विभिन्न स्टेशनों पर चार ट्रेनों के ठहराव की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि झाझा बटिया रेललाईन पर चार सौ छियानवे करोड़ रूपये खर्च होंगे श्री गोयल ने कहा कि एनडीए सरकार उन क्षेत्रों तक रेल सम्पर्क बढ़ाने पर काम कर रही है जहां के लोगों को अभी तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी समारोह को स्थानीय सांसद चिराग पासवान ने भी संबोधित किया केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज पटना के आईजीआईएमएस में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के नये भवन का शिलान्यास किया तेईस हजार वर्गमीटर में बनने वाले इस भवन पर लगभग एक सौ बावन करोड़ रूपये खर्च होंगे समारोह को संबोधित करते हुये श्री नड्डा ने कहा कि नई दिल्ली स्थित एम्स की तर्ज पर विकसित होने वाले इस संस्थान में लगभग तीन लाख मरीजों का हरेक साल इलाज हो सकेगा समारोह को केन्द्रीय स्वाथ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी संबोधित किया वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति नामक प्रस्तक का विमोचन किया आकाशवाणी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा के मन की बात कार्यक्रम के पचास संस्करण इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं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 बाईट अटल जी जब भी ट्रैवल करते थे या घर में होते थे तो उनका ट्रांजिस्टर छोटा हमेशा उनके साथ रहता था वो न्यूज उसी पर सुनते थे क्योंकि उसी की न्यूज केवल आज की न्यूज तरह वन आइटम एजेंडा सेटिंग्स न्यूज नहीं होती थी देश में बीस तीस स्थानों पर क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हुआ है स्पोर्ट्स में क्या हुआ है इकॉनोमी में क्या हुआ है राज्यों में क्या हुआ है आपको वो सारा ज्ञान देता है और आपके पूरे व्यक्तित्व निर्माण के लिए उसका बहुत बड़ा रोल होता था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 केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमेत्री योगी आदित्य नाथ ने आज पूर्वी चम्पारण जिले के पिपराकोठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के भवन और लौह पुरूष के स्मारक स्थल का शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये कोन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस संस्थान के बन जाने से उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों के कुशल मानव संसाधन का विकास होगा समारोह को संबोधित करते हुये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में कृषि और सहकारी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आये हैं जिससे किसानों की आमदनी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है इस अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर उपस्थित थे बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र से पूलिस ने आतंकियों से सांठ गांठ रखने के आरोप में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है पुलिस अधीक्षक स्वपना जे मेश्राम ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रेहान है जिससे गुप्त स्थान पर कड़ी पूछताछ की जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों के कारागारों में आज एक साथ छापेमारी की गयी हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छापेमारी के दौरान पुलिस को कैदियों के पास से मोबाईल और मादक पदार्थों सहित कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं प्रदेशभर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से औसत तापमान में कमी आयी थी आज आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डिहरी सबसे ठंडा स्थान रहा मौसम विभाग ने कहा है कि कल न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज नवादा से नारदीगंज पथ के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि ग्यारह किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए दो सौ चौरासी लाख रूपए आवंटित किये गये हैं मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने शराब कारोबारियों से सांठ गांठ के आरोप में साहेबगंज के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है शेखप्रा में आयोजित श्यमा देवी मेमोरियल महिला फुटबाल प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज बोकारो ने मधुपुर को पराजित कर दिया कुख्यात नक्सली कृष्णा पाल ने आज औरंगाबाद पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया कृष्णा पाल कई नक्सली मामलों में शामिल था

कहा प्रधानमंत्री ने रेडियो को जन साधारण के साथ बातचीत के एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में मान्यता दी

पटना में कोन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड़डा ने आईजीआईएमएस में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के नये भवन की रखी आधारशिला